प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लाखों लोगों को सशक्त बनाने के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण की शुरूआत करेंगे इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई योजना का उद्येश्य गांवों के मकान मालिकों को उनके मालिकाना हक के रिकॉर्ड के रूप में संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है

स्वामित्व योजना के अमल से लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल पर एसएमएस के जरिए प्राप्त हुए लिंक के माध्यम से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें प्रत्यक्ष रूप से यह कार्ड लोगों को वितरित करेंगी

इनमें हरियाणा उत्तर प्रदेश महाराष्ट मध्य प्रदेश उत्तराखण्ड और कर्नाटक के गांव शामिल हैं इस कदम से ग्रामीणों द्वारा ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होगा

जिले के ग्रामीणों ने इस योजना को शुरू करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया है

प्रत्येक गांव में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्मय से रजिस्ट्री बांटने का कार्य किया जायेगा

इससे किसानों की आय दो गुनी होगी उधर रोहतक में भी ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई जिसकी शुरूआत बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड और सांसद अरविंद शर्मा ने की श्री धनखड ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस कानून के बारे में किसानों को भ्रमित कर रही है उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और इसी मूल्य पर किसानों से फसल खरीदी जायेगी

अच्छी तरह मास्क न पहनने से आप हो सकते हैं कोरोना वायरस के शिकार कोरोना वायरस से खुद को और अपने आस पास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचि व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदार्री भी है

आज सिरसा के बाल भवन में उपायुक्त रमेश चन्द्र बिढ़ान ने ऑनलाइन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज के कहा कि राज्य में खाद्य पदार्थों के मानकों की जांच हेतु चण्डीगढ और करनाल में चल रही दोनों खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल स्तर पर बनाया जायेगा

उन्होंने बताया कि इस प्रयोगशाला ने एनएबीएल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन भी कर दिया है हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से ग्रामीण स्तर पर युवा क्लब का गठन किया जायेगा जो सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान देंगे उन्होंने कहा कि युवाओं को लक्ष्य प्राप्त करने में भी युवा क्लब अहम भूमिका निभाएंगे चण्डीगढ से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में खेल मंत्री ने कहाँ कि विभाग की ओर से युवा क्लब के गठन के लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई हैं जिनके अंतर्गत ही क्लब के सदस्यों का चयन किया जायेगा

क्रूक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने आज जिला अंबाला की शहजादपुर अनाज मंडी का दौरा किया और धान की खरीद के लिाए मण्डी में की गई व्यवस्थाओं और प्रबंघों का जायजा लिया इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को किसानों की फसल की अदायगी और अन्य समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये